त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव तीन चरणों में संपन्न कराए जाएंगे इसके लिए कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है इसी के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है इस बार त्रिस्तरीय पंचायत चूनाव गैर दलीय आधार पर होगा इसके लिए सभी प्रत्याशियों का साक्षर होना जरूरी है एक व्यक्ति दो पद के लिए चुनाव लड सकेंगे साथ ही एक मतदाता को चार वोट डालने का अधिकार होगा राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर रामसिंह ने आज रायपुर में पत्रकारवार्ता में बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अट्ठाईस और इकतीस जनवरी तथा तीन फरवरी को होंगे जिस दिन मतदान होगा उसी दिन मतों की गिनती की जाएगी और नतीजे घोषित किए जाएंगे राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि उम्मीदवार तीस दिसंबर से छह जनवरी तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं नामांकन पत्रों की जांच सात जनवरी को होगी वहीं उम्मीदवार नौ जनवरी को दोपहर तीन बजे तक नाम वापस ले सकते हैं इसी दिन उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी की जाएगी और उन्हें चुनाव विन्ह का आवंटन किया जाएगा निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए सभी जिला कलेक्टरों को रिटर्निंग अधिकारी बनाया गया है माओवाद प्रभावित बस्तर संभाग में मतदान का समय पौने सात बजे से दोपहर दो बजे तक निर्घारित किया गया है वहीं प्रदेश के अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह सात बजे से दोपहर तीन बजे तक वोट डाले जा सकेंगे राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि पंचायत चुनाव में कुल एक करोड़ चवालीस लाख अड़सठ हजार सात सौ तिरसठ मतदाता है मतदान के लिए उनतीस हजार पांच सौ पच्चीस मतदान केन्द्र बनाए जाएंगे इस चुनाव में मतदान के लिए अलग अलग रंग के मतपत्र बनाए जाएंगे निकाय चुनाव मतगणना प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के लिए कल सुबह नौ बजे से मतगणना शुरू होगी मतगणना के लिए लगभग समी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं एक सौ इंक्यावन नगरीय निकायों के दो हजार आठ सौ तिरालीस वार्डो के पार्षद पद के चुनाव के लिए दस हजार एक सौ सड़सठ उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला कल हो जाएगा राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर रामसिंह ने आज रायपुर में एक पत्रकारवार्ता में बताया कि सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी इसके बाद मतपेटियों से मत पत्रों की गिनती होगी उन्होंने बताया कि सभी निकायों की मतपेटियों को स्ट्रांग रूम से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना कक्षों में लाया जाएगा हर वार्ड की गणना के लिए दो दो टेबल लगाए गए हैं इस तरह एक बार में एक वार्ड की मतपेटियों की गिनती एक साथ होगी टेबल के साथ अभ्यर्थी या उसका गणना एजेंट उपस्थित रहेगा एक अभ्यर्थी के साथ दो लोगों को मतगणना की प्रक्रिया देखने की अनुमति दी गई है मतों की गणना सुपरवाईजर और दो मतगणना सहायक द्वारा की जाएगी इसके लिए अलग अलग प्रपत्रों में जानकारी भरी जाएगी गौरतलब है कि प्रदेश के एक सौ इंक्यावन नगरीय निकायों में इक्कीस दिसंबर को मतदान हुआ था रायपुर पुनर्मतदान नगर पालिक निगम रायपुर के महर्षि वाल्मिकी वार्ड क्रमांक बत्तीस के मतदान केन्द्र तीन सौ निन्यानवे में आज पुनर्मतदान कराया गया जिला निर्वाचन अधिकारी से भिली जानकारी के अनुसार करीब तिरपन दशमलव छह सात प्रतिशत मतदान होने की खबर है इस केन्द्र में एक हजार दो सौ अटहत्तर मतदाता है गौरतलब है कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस मतदान केन्द्र में मतदान की प्रक्रिया को शून्य घोषित किया गया था इस मतदान केन्द्र में त्रटिवश निर्वाचक नामावली में विलोपित मतदाताओं को मतदान करने की अनुमति देने की जानकारी सेक्टर अधिकारी के माध्यम से मिली थी जिसके बाद प्रनर्मतदान कराने का निर्णय लिया गया उधर बिलासपुर में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शेख गफ्फार का निधन हो गया वे तारबहार इलाके से कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशी थे मतदान आंकड़े प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के तहत इक्कीस दिसंबर को हुए मतदान के अंतिम आकड़े जारी कर दिए गए हैं राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर रामसिंह ने बताया कि प्रदेश र्क एक सौ इंक्यावन नगरीय निकायों में इस बार अटहत्तर दशमलव तीन सात प्रतिशत मतदान हुआ है इस चुनाव में उनयासी दशमलव दो एक प्रतिशत पुरूष और अटहत्तर दशमलव दो आठ प्रतिशत महिला तथा सात दशमलव सात छह प्रतिशत अन्य मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया वहीं नगर पालिक निगम बिरगांव के वार्ड क्रमांड सत्ताईस में हुए उपचुनाव में इकहत्तर दशमलव आठ सात और नगर पालिक निगम भिलाई के वार्ड तीन और दस में इंक्यावन दशमलव सात चार प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया

इससे उन्हें जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी बिलासपुर में एक निजी स्कूल के वार्षिक उत्सव में राज्यपाल ने कहा कि हमें कुछ हासिल करना है तो दृढ़ निश्चय कर उसे चुनौती के रूप में स्वीकार करना होगा उन्होंने विद्यार्थियों से अपने स्कूली जीवन के अनुभव मी साझा किए राज्यपाल ने कहा कि अभिभावक बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें कार्यक्रम में उन्होंने प्रतिभावान छात्र छात्राओं को पुरस्कृत भी किया मनरेगा परस्कार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ ने देशमर में चौथा स्थान हासिल किया है इस साल प्रदेश में तिरासी हजार से अधिक मनरेगा जॉब कार्डधारी परिवारों को सौ दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया गया है पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव ने मनरेगा में अच्छे कार्यों के लिए विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों की सराहना की है प्रदेश में मनरेगा मजदूरों को सौ दिनों का रोजगार उपलब्ध कराने के मामले में सूरजपूर सबसे आगे है यहां नौ महीनों के दौरान नौ हजार से अधिक परिवारों को सौ दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया गया है वहीं कबीरधाम में सात हजार और बिलासपुर में छह हजार से अधिक परिवारों को मनरेगा के जरिये रोजगार दिए गए हैं

मुख्य सचिव ने आज राजधानी रायपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सभी जिलों के कमिश्नर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों सहित विभिन्न अधिकारियों से बातचीत की श्री मंडल ने अधिकारियों को धान खरीदी लघू वनोपज संग्रहण और रोजगार सुजन जैसे कार्यों को पारदर्शिता से पूरा करने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि पंजी में दर्ज बारदानों की संख्या और किसानों को वितरित बारदानों की संख्या में गड़बड़ी पाए जाने पर समिति प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी उन्होंने धान की भिलिंग के लिए खरीदी केन्द्रों से धान का उठाव करने के निर्देश भी दिए इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी और प्रधान मुख्य वन संरक्षण राकेश चतुर्वेदी ने भी अधिकारियों से चर्चा की बिलासपुर स्कूल पुरस्कार बिलासपुर के भारत माता इंग्लिश मीडियम स्कूल के ईको क्लब को राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ ईको क्लब का पुरस्कार प्राप्त हुआ है गुजरात के केवड़िया में पिछले दिनों आयोजित प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन में केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव अरविंद नोटियाल ने स्कूल के ईको क्लब के समन्वयक को पचास हजार रूपये की राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया भारत माता इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चों ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर बड़े पैमाने पर काम किया साथ ही पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी इन बच्चों ने उल्लेखनीय काम किया लोकवाणी मुख्यमंत्री भूपेश बधेल की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की छठवीं कड़ी का प्रसारण आगामी बारह जनवरी को होगा इसका प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्रों एफएम और क्षेत्रीय न्यूज चैनलों से किया जाएगा यह रेडियोवार्ता सुबह साढ़े दस बजे शुरू होगी लोकवाणी में इस बार का विषय सेवा का एक साल रखा गया है इस संबंध में कोई भी व्यक्ति आकाशवाणी रायपुर के टेलीफोन नंबर शून्य सात सात एक दो चार तीन शून्य पांच शून्य एक पर पच्चीस दिसंबर तक दोपहर तीन से चार बजे के बीच फोन करके अपने सवाल रिकार्ड करा सकते हैं

इसी के तहत आज से राजधानी रायप्र में दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है राज्य अनुसंधान और परीक्षण परिषद ँ की ओर से आयोजित इस कार्यशाला में भाषा विज्ञानियों ने बच्चों शैक्षिक के स्तर और उनको क्षमता के अनुरूप भाषा की पकड़ को मजबूत बनाने के लिए सहायक शैक्षणिक सामग्री तैयार करने पर विचार विमर्श किया इस कार्यक्रम के जरिये विभिन्न भाषाओं में सामंजस्य बनाने एक भाषा की मदद से अन्य भाषा सीखने और उसको अभिव्यक्त करने में मदद मिलेगी संक्षिप्त समाचार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के रायपुर स्थित निवास में पच्चीस दिसंबर को होने वाले जनचौपाल भेंट मुलाकात का कार्यक्रम अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने आज महासमुद जिले के खल्लारी विधानसभा क्षेत्र के पटपाली धान खरीदी केन्द्र का आकस्मिक निरीक्षण किया रायगढ़ जिले के तमनार क्षेत्र में उनतीस हाथियों का दल दो दिनों से विचरण कर रहा है वन विमाग द्वारा इस क्षेत्र में हाथियों के दल पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और लोगों से सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है